प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी राजनेताओं ने श्री सैनी के निधन पर किया शोक थ्यक्त देश में इस साल अगस्त से प्लास्टिक कचरे का आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन हो गया है उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतुक गांव सीकर के राधाकृष्णपुरा में किया जायेगा श्री सैनी की पार्थिव देह जयपुर लाई गई है यहां भाजपा कार्यालय में बडी संख्या में लोग उन्हें श्रद्वाजंलि दे रहे है कल दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली श्री सैनी पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे

मदन लाल सैनी को पिछले वर्ष ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था

ये उदयपुरवाटी से एक बार विधायक भी रह चुके हैं ये लम्बे समय तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष और सदस्य भी रहे संघ से स्वयंसेवक के नाते उन्होंने मजदूर और किसानों के लिये बहुत काम किया श्री सैनी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व मुख्यमंत्री वसंघरा राजे गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गहरा शोक व्यक्त किया है राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बडी संख्या में राजनीतिक हस्तियों ने श्री सैनी के निधन पर श्रीक प्रकट किया है श्री सैनी के निधन से राज्यसभा में राजस्थान की एक सीट खाली हो गई हैं

श्री सैनी सादा जीवन और अनुशासन के लिये अपनी अलग पहचान रखते थे संसद के दोनो सदनों के संयुक्त अधियेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर कल चर्चा शुरू हई पश्पालन और मत्स्य पालन राज्यमंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमो और योजनाओं पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोगों ने एक बार फिर भारी जनादेश देकर मोदी सरकार पर अपना भरोसा जताया है उन्होंने कहा कि देश के विकास में केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं

धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस श्रू करते हए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने सिर्फ यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का नाम भर बदला है

उन्होंने कहा कि सरकार सही दिशा में बढ़ रही है हाल के चुनावों में मिले जनादेश से यह स्पष्ट है

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को रोजगार सुजन और देश की आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए इस साल अगस्त से देश में प्लास्टिक कचरे का आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा यह जानकारी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल राज्यसमा में एक प्रश्न के उत्तर में दी उन्होंने बताया कि सरकार प्रदृषण से निपटने के लिए पूरी तरह से गंमीर है और इसके लिए संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है

इसके अलावा विदेशों से प्लास्टिक कचरा भी आयात किया जाता है सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाये है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 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी

आरबीआई ने वक्तव्य जारी कर कहा है कि श्री आचार्य ने इस बारे में एक पत्र लिखा था आचार्य के पत्र पर संबंधित प्राधिकारी विचार कर रहे है

यह परीक्षा कल भी जारी रहेगी

राजस्थान लोकसेवा आयोग ने परीक्षा के लिए सभी संभाग मुख्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित किए है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य आवासन मण्डल जयपुर विकास प्राधिकरण और विभिन्न शहरों में नगर सुधार न्यासों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा इन संस्थाओं की संरचना का पनर्गठन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इसके लिए दूसरे राज्यों के नगरीय प्राधिकरणों को संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करने का सुझाव दिया

सीकर में होदसर गांव के पास डम्पर की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार दो युवकों की मृत्यू हो गई इधर पाली जिले में बागावास के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार एक थ्यक्ति की मौत हो गई

साथ ही विमाग ने पूर्वी राजस्थान में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है इसके अलावा मौसम विभाग ने कल भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और धुलभरी आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है इस बीच कल मी प्रदेश में कई स्थानो पर अर्च्छी बारिश हुई राजधानी जयप्र संहित कई क्षेत्रों में बादल बरसे करौली दौसा और डुंगरपुर शहर में भी कल देर रात मुसलाघार बारिश हुई

भारत की जूनियर महिला मुक्केबाजों ने जर्मनी में हुए ब्लैक फॉरेस्ट कप में पांच स्वर्ण सहित सात पदक अपने नाम किये और ट्र्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब जीता स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की नेहा को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज और कर्नाटक की अंज देवी को उदीयमान खिलाडी घोषित किया गया